राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र ध्वज फहराकर मार्चपास्ट की सलामी ली इस साल ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मेसियास बोलसोनारो मुख्य अतिथि रहे

राजस्थान के जयपुर की भी आकर्षक झांकी शामिल हुई जिसका विषयवस्तु था जयपुर एक धरोहर शहर झांकी के साथ प्रदेश के पारम्परिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया

जम्मूकश्मीर ने पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुए राज्यस्तरीय मुख्य समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली

समारोह में पुलिस और सेना एनसीसी कैंडेट्स और स्काउट गाईड की ओर से परेड की गई साथ ही विभिन्न स्कूली बच्चों ने व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए

इस मौर्के पर श्री गहलोत ने कहा कि हमें अपने संविधान के मूल्यों को बनाए रखने उनकी रक्षा करने का संकल्प लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका अक्षय और आत्मा से पालन किया जाए मुख्यमंत्री इससे पहले जयपुर में अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर गए और पुष्पचक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को नमन किया इधर भाजपा की ओर से भी बड़ी चौपड़ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने ध्वजारोहण किया गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा और उच्च न्यायालय शासन सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सरकारी संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया

उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य सरकार बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आमजन को सुशासन देने के लिये प्रतिबद्वता से कार्य कर रही है

श्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जलशक्ति अभियान अच्छी गति से आगे बढ रहा है

उन्होंने कहा कि सभी को स्वयं को फिट और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम योग और ऐसी ही अन्य गतिविधियों से जोड़ना चाहिए

ऑकलैण्ड में आज खेले गये मैच में न्यूजीलैण्ड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया